पूर्व सैनिकों के लिए एम्स जैसे तीन अस्पताल खोलने की घोषणा भी की टिहरी बांध से विस्थपित करीब दस हजार लोगों के पानी और सीवर के पुराने सभी बिल माफ राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी तीन प्रतिशत बढ़ाया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में अजबपुर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया हरिद्वार देहरादून हाईवे पर यात्रियों को होगी सहूलियत महाशिवरात्रि पर राज्य के विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव का विशेष जलाभिषेक किया गया

साथ ही जनसभा को भी संबोधित किया

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तराखंड और सेना का रिश्ता ससुराल और मायके जैसा है यहां के वीर जवान हमेशा देश रक्षा के लिए आगे रहे हैं उन्होंने कहा कि इससे पहले की सरकारों ने कभी वॉर मेमोरियल बनाने की नहीं सोची क्योंकि उन्होंने कभी सैनिकों को सम्मान देने की नहीं सोची जनसभा में रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों के लिए के लिए एम्स के जैसे तीन अस्पताल खोलने की घोषणा भी की

कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे

जिसमें रक्षा मंत्री के साथ सांसद निशंक और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और वीर नारियां मौजूद थे ये कार्यक्रम उस समय बेहद खास बन गया जब कारगिल युद्ध में शहीद अजीत प्रधान की मां रक्षा मंत्री का सम्मान करने मंच पर आईँ शहीद की मां का पता चलने पर रक्षा मंत्री ने उनके पैर छुए

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों से उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है शिवरात्रि के दिन बाबा केदार की धरती पर आने पर रक्षा मंत्री ने प्रसन्नता जतायी इस मौके पर उन्होंने कहा कि तीनों सेनाओं में महिलाओं को पुरुषों के समान परमानेंट कमीशन मिलेगा स्लग बीजेपी बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल के नेतृत्व में देहरादून में प्रदेश भाजपा की अहम बैठक हुई बैठक में चुनाव की तैयारियों का आंकलन किया गया बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि प्रदेश संगठन ने चुनाव के लिए दिये गये सभी कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से किया है राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं की मौजूदगी में हुई बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई इस पर कोर ग्रुप ने भी मुहर लगा दी है भाजपा ने केंद्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने टिहरी विस्थापितों को बड़ी राहत दी है

भविष्य में भुगतान के लिए वित्त मंत्री प्रकाश पंत के अधीन समिति का गठन किया है

उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत राज्य की इस्तेमाल होने वाली भूमि निशुल्क देने का फैसला लिया गया है

इसके साथ ही इस फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है मुख्यमंत्री ने समय से पहले काम पूरा करने के लिए विभागीय अधिकारियों और कार्यदार्यी संस्था को बधाई दी उन्होंने कहा कि रेसकोर्स भण्डारीबाग फ्लाईओवर को भी मंजूरी दे दी गई है

ये सड़कें अगले वर्ष बनकर तैयार हो जाएंगी उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों में भी अच्छी प्रगति हुई है इसके लिए केंद्र सरकार से अवार्ड भी मिला है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार द्रस्थ क्षेत्रों तक विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है

शिवालयों में तड़के से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्दालुओं का तांता लगा रहा राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर में आधी रात से ही श्रद्दालुओं की लंबी कतार लग गई लोगों ने भगवान शिव को उनके मनपसंद बेलपत्र और धत्रे अर्पण किये तीर्थनगरी हरिद्वार के तमाम शिवालयों में लोगों की भारी भीड़ रही सुबह से ही कांवड़ियों और अन्य श्रद्वआलुओं ने शिव का जलाभिषेक किया कनखल स्थित दक्ष मंदिर भगवान भोलेनाथ का ससुराल माना जाता है लिहाजा आज के दिन मंदिर को विषेश रूप से सजाया गया है इसके अलावा बिल्केश्वर मंदिर गौरी शंकर मंदिर तिलभाण्डेश्वर महादेव दरिद्र भंजन नीलेश्वर महादेव मंदिर में भी शिवभक्तों की भारी भीड़ रही पौड़ी के प्रसिद्ध क्यूंकालेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली माना जाता है कि इस स्थान पर यमराज ने शिव की तपस्या की थी चंपावत जिले के बालेश्वर रिशेश्वर और सप्तेश्वर सहित विभिन्न मंदिरों में लोगों ने भोले का जलाभिषेक किया वहीं बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्दालु पहुंचे श्रद्दालुओं ने शिवमंदिरों में बेलपत्र और कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया महाशिरात्रि के दिन आज सतराली गांव के होल्यारों ने बागनाथ मंदिर में खड़ी होली गाई स्लग केदारनाथ कपाट भगवान केदारनाथ धाम के कपाट नौ मई को खोले जाएंगे

पंचकेदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख पंचांग गणना के आधार पर घोषित की गई

बाबा केदार की भोगमूर्ति के धाम प्रस्थान का दिन भी तय किया गया स्लग मौसम राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है राजधानी देहरादून में सुबह तेज धूप खिली लेकिन दोपहर बाद से बारिश शुरू हो गई जिससे तापमान में गिरावट आ गई उत्तरकाशी देहरादून पौड़ी टिहरी हरिद्वार चमोली रुद्रप्रयाग नैनीताल बागेश्वर चंपावत और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश हुई

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ने कहा कि समाज के वंचित और असहाय वर्ग को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये कई योजनायें धरातल पर उतारी गई हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों रेहड़ी ठेले का कार्य करने वाले और अन्य स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों की पहचान कर उन्हें आर्थिक मदद के साथ ही साइकिल सिलाई मशीन और सोलर लाइट दी जा रही है

उन्होंने कहा कि श्रमिक वर्ग के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना आरम्भ की गई है उन्होंने कहा की इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक श्रमिकों को सम्मान प्रदान किया जायेगा स्लग चमोली हादसा चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पीपलकोटी के पास एक यात्री वाहन खाई में गिर गया इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि तीन अन्य घायल हैं पागल नाला के पास दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्त्थ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची घायलों को उपचार के लिए गोपेश्वर जिला चिकित्सालय लाया गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो देहरादून शहीदों की शौर्य गाथाओं और सैन्य परंपराओं की आवाज बनेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है सैनिकों को समर्पित रेडियो से युवाओं को सैन्य परंपरा की बेहतर जानकारी मिलेगी